मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अगले वित्त वर्ष के लिए विधायकों की प्राथमिकता बैठक को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधायक प्राथमिकताओं पर सर्वाधिक ध्यान देगी और इसके तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर जोर दिया जाएगा

विधायकों की प्राथमिकताओं के लिए आज पहले सत्र में चम्बा सिरमौर और ऊना ज़िलों के विधायकों के साथ बैठकें हुईं इस दौरान विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य संबंधी प्रस्ताव रखे और विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है वे आज चम्बा ज़िला के दौरे के दौरान भूरि सिंह संग्रहालय के सभागार में विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ आयोजित बैठक के दौरान बोल रहे थे राज्यपाल ने सभी को नई तकनीकों के माध्यम से जनसेवा करने और जनजातीय लोगों सहित किसानों के विकास के लिए कार्य करने को कहा उन्होंने विकास को तेज़ी से बढ़ाने के साथ साथ सभी कार्यों में पारदर्शिता लाने की बात कही इस दौरान उन्होंने रियासत काल के भूरि सिंह पावर हाउस का दौरा भी किया राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर तक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं ताकि हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया जा सके घुमारवीं के अप्पर गलासी में जनसमस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना काल में विकास कार्यों की गति धीमी हुई लेकिन अब दोबारा तीव्र गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं राजेन्द्र गर्ग ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आहवान किया कॉलेज खुले प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में आज से नियमित तौर पर कक्षाएं शुरू हो गई हैं इसके लिए सभी प्रबंध किए गए हैं कालेजों में कक्षाएं लगाने के लिए माइको प्लान बनाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी के तहत ही विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाने की व्यवस्था की गई है पहले दिन आज कुछ कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही कॉलेज बुलाया गया था कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत विद्यार्थियों व शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है इसके अलावा कॉलेज गेट पर विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और कॉलेज कैंपस में जगह जगह हैंड सैनिटाईजर रखे गए हैं समीक्षा बैठक हमीरपुर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभी विकास अधिकारियों के साथ आज उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने समीक्षा बैठक की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए

प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय नाहन के उपनिदेशक दयाराम ने ये जानकारी दी